मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आज नई दिल्ली में भेंट कर धर्मशाला के तपोवन में ई विधान अकादमी स्थापित करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से ई विधान प्रणाली के आधार पर कार्य कर रही है और सभी राज्यों के विधायकों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए ई विधान अकादमी मददगार साबित होगी मुख्यमंत्री ने ओम बिरला को ई विधान कार्य प्रणाली को देखने के लिए हिमाचल दौरे पर आमंत्रित किया लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदेश की इस पहल की सराहना करते हुए अकादमी स्थापित करने के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया इस बीच जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा से भी भेंट की

सतपाल जैन वरिष्ठ भाजपा नेता सतपाल जैन ने कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है सतपाल जैन ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों को नागरिकता देने वाला है न कि किसी की नागरिकता छीनने का

उन्होंने कहा कि एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाया गया है पवन खेड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून से देश में भय और रोष व्याप्त है

उन्होंने कहा कि इस कानून में सरकार न तो तिब्बतियों के लिए कोई प्रावधान रखा है और न ही श्रीलंका के हिंदू व तमिलों के लिए पवन खेड़ा ने कहा कि ये कानून संविधान के विरूद्व जाते हुए धर्म आधारित भेदभाव करता है

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा बिलासपुर मंडी कुल्लू तारादेवी और जसूर में आधुनिक चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन बैठकों में अगले वित्त वर्ष के बजट की विधायक प्राथमिकता के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा इस दौरान विधायकों से बजट के लिए खर्च कम करने के उपायों वित्तीय संसाधन जुटाने व बेहतर प्रशासन को लेकर प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सिरमौर जिला के हरिपुरधार में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उदघाटन अवसर पर एक जनसभा में ये जानकारी दी

कंवर प्रदेश सरकार सभी शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं देने के प्रति कृतसंकल्प हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िला के तनोह में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों को जीवन का लक्ष्य तय कर कड़ी मेहनत से अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने की सलाह दी उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया सीएए जागरूकता रैली राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज ऊना में एक रैली का आयोजन किया गया परिषद के प्रांतीय सहसचिव सुनील जसवाल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया बाद में एक जनजागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और राज्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने भी नए कानून को लेकर अपने विचार व्यक्त किए

उन्होंने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन विकास कार्यो का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर पूरी पादर्शिता के साथ इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए एकता शिविर नेहरू युवा केन्द्र ऊना द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला में राष्ट्रीय एकता शिविर लगाया गया है शिविर के दूसरे दिन ऊना के एसडीएम सुरेश जसवाल ने युवाओं को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे जानकारी दी